मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के सर्कुलर रोड स्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने कहा बिरसा आबा जेल के जिस कमरे में दिन गुजारे थे उस कमरे में भी उनकी प्रतिमा होनी चाहिए ताकि आगंत्रक उनके शौर्य और संघर्ष को करीब से जान सकें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो साइकिल राइडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए आज अपने विधानसभा क्षेत्र नाला में साइकिल से भ्रमण किया उन्होंने साइकिल राइडिंग के संबंध में कहा कि जहां साइकिल के प्रचलन से वायु प्रदूषण के नियंत्रण में जन भागीदारी को बढ़ावा मिलता है इधर राजधानी रांची में आज से हर शनिवार नो कार अभियान की षुरुआत की गयी रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने सभी राजधानीवासियों से अपील की है कि हर षनिवार को नो कार का अनुपालन करें रांची नगर निगम द्वारा की गयी अपील पर लोगों ने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया प्रधानमंत्री के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण की कल अंतिम तिथि है इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्केरण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्जाकम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो छात्रों के लिए तनावमुक्त ्वातावरण का सुजने करता है छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट माई गोव पर पंजीकरण करा सकते हैं

यह छह स्थान हैं जम्मू इम्फाल पटना भुवनेश्वर पुणे और बेंगलुरू नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावडेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्वस्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है उन्होंने इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं श्री मोदी ने आयुर्वेद को पूरे समर्थन का आश्वासन दिया

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख अठ्ठारह हजार नौ सौ बाईस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

इनमें झारखंड के रांची में स्थित अंठानब्बे अचल संपत्तियां और रायपुर में तीन वाणिज्यिक द्वकानें शामिल हैं साथ ही मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंक बैलेंस भी शामिल है सांसद जयंत सिन्हा आज हजारीबाग सदर प्रखंड के ग्रहेत पंचायत स्थित बहोरनपुर खुदाई स्थल पहुंचे श्री सिन्हा ने भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही खुदाई और वहां से प्राप्त महात्मा बुद्ध एवं मां तारा की प्रतिमा का अवलोकन किया श्री सिन्हा ने वहां चल रही खुदाई कार्य की जानकारी ली सांसद ने कहा कि इस स्थल से काफी सुंदर अद्भुत और अकल्पनीय प्रतिमाएं मिल रही हैं उन्होंने कहा कि कोलकाता दिल्ली और लंदन में मौजूद पुरातत्व विशेषज्ञ से प्राप्त जानकारी के बाद यह कहा जा सकता है कि पूर्व में यह बौद्ध मठ रहा होगा

रेलवे ने धनबाद से गुजरने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का एलान कर दिया है

इन ट्रेनों के चलने से पश्चिम बंगाल से झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के लिए पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी इनमें सफर के लिए ज्यादा किराया नहीं चुकाना होगा टाइम टेबल में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है

अब आसनसोल गया और आसनसोल वाराणसी मेमू के चलने से हजारों यात्रियों को राहत मिल जाएगी पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा चिरू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य का सबसे बड़ा क्पोषण उपचार केंद्र बनाया जाएगा जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज चाईबासा में पोषण पखवाड़ा के दौरान समुदाय स्तर पर कुपोषण से बचाव के प्रति आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य प्रचार वाहन को रवाना करते हुए ये बातें कही उन्होंने बताया कि पोषण पखवाड़ा अंतर्गत से विशेषकर स्थानीय और आदिवासी संस्कृति के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए कृपोषण के क्षेत्र में कैसे सुधार लाया जा सकता है इस संबंध में भी समृदाय स्तर पर जानकारी साझा की जाएगी इधर पोषण पखवाड़ा के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने आज समाहरणालय परिसर से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया आने वाले समय में गर्मी को देखते हुए हजारीबाग जिला प्रषासन ने पेयजल उपलब्यता सुनिष्वित करने पर काम शुरू कर दिया है

आज शाम सिंहभूम कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन ने मीडिया को इसकी जानकारी दी चतरा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत तीन कट्टर सदस्यों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है

हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के चौथे दिन आज प्रथम पाली में तीन मैच हए पहले मैच में आंध्र प्रदेश की टीम ने बंगाल को षून्य के मुकाबले पांच गोल से पराजित किया

तमिलनाड की टीम शुरू से ही हावी रही और उसने जम्मू कश्मीर को शून्य के मुकाबले सोलह गोल से पराजित किया इधर उत्तराखंड और राजस्थान के बीच हुए मैच में राजस्थान की टीम एक के मुकाबले छह गोल से विजयी रही

वही चैंपियनशिप में तेलंगाना मिजोरम और हिमाचल प्रदेश की टीमों के नहीं आने के कारण इनके प्रतिद्वंद्वी टीम दिल्ली कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को वाक ओवर मिला

जिनमें से चार मैच हुए और तीन को वॉकओवर मिला